कहा गंगा की निर्मलता और अविरलता बनाए रखने की जिम्मेदारी निभा रही सरकार भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा ने कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों पर नागरिकता संशोधन कानून के बारे में लोगों को गुमराह करने का लगाया आरोप प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी छब्बीस जनवरी को शाम छ बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम से देश विदेश के लोगों को करेंगे सम्बोधित देश भर में इकहत्तरवें गणतंत्र दिवस को मनाने की तैयारियां जोरों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ ने प्रदेश में अगले सप्ताह से शुरू होने वाली पांच दिवसीय गंगा यात्रा के लिए दो रथों को कल लखनऊ में अपने सरकारी आवास से हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया उन्होने कहा कि गंगा को स्वच्छ निर्मल और अविरल बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्द है और इस दिशा में निरन्तर कदम उठाए जा रहे हैं श्री योगी ने कहा कि गंगा नदी हमारी आस्था ही नहीं अर्थव्यवस्था भी है उन्होंने कहा कि इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से प्रदेश सरकार गंगा यात्रा शुरू कर रही है प्रदेश में आगामी सत्ताईस जनवरी से इकत्तीस जनवरी तक गंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है इसका उद्देश्य गंगा को स्वच्छ बनाने का संदेश जन जन तक पहुंचाना है सत्ताईस जनवरी को गंगा यात्रा का पहला रथ बिजनौर से और दूसरा रथ बलिया से रवाना होगा ये दोनों रथ इकत्तीस जनवरी को कानपुर पहुंचेंगे जहां यात्रा का समापन हो जाएगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गंगा नदी देश के पांच राज्यों की अपनी यात्रा में सर्वाधिक दूरी उत्तर प्रदेश में तय करती है इसलिए गंगा की निर्मलता और अविरलता को बनाये रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है उन्होंने कहा कि नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत प्रदेश में गंगा यात्रा दो स्थानों से आरंभ होगी पहली जहां से गंगा प्रदेश में प्रवेश करती है यानी बिजनौर से और दूसरी बलिया से जहां से नदी बिहार में प्रवेश करती है उन्होंने कहा कि सरकार ने तय किया है कि जिन जिलों से होकर गंगा यात्रा गुजरेगी वहां के इक्कीस नगर निकायो और एक हजार अड़तीस ग्राम पंचायतों में आने वाले समय में जैविक खेती होगी इसके साथ ही गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में गंगा पार्को तालाबों और मैदानों का भी निर्माण किया जायेगा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों पर नागरिकता संशोधन कानून के बारे में लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है श्री नड्डा कल आगरा में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में भाजपा के राज्यव्यापी जन जागरण अभियान के अन्तर्गत आयोजित रैली को सम्बोधित कर रहे थे अपने सम्बोधन में उन्होंने यह मी कहा कि नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने वाले दलित नेताओं को नहीं मालूम है कि यह कानून पाकिस्तान से भारत आए दलितों की भलाई के लिए है श्री नड्डा ने कहा कि इस कानून के तहत जिन्हें नागरिकता दी जा रही है उनमें से अस्सी प्रतिशत वे दलित हैं जिनका पड़ोसी देशों में धर्म के आधार पर उत्पीड़न किया गया है उन्होंने कहा कि दलित नेताओं और कांग्रेस पार्टी को नागरिकता संशोधन कानून के बारे में ज्ञान नहीं है और वे लोगों को केवल भ्रमित कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी कहती है कि इससे तुम्हारी नागरिकता छीन जाएगी और खासकर के मुस्लिम भाई को कहा जाता है कि तुम्हारी नागरिकता छीन जाएगी ये कानून नागरिक ता देने वाला है लेने वाला नहीं है श्री नड्डा ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को इस तरह नागरिकता देने का वादा किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल उसी वचन को पूरा कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसमा को संबोधित करते हुए कहा कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हिंसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी रैली में केन्द्रीय मंत्री महेन्द्र पाण्डेय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद थे प्रदेश की राज्यपाल और विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति आनंदी बेन पटेल ने नए भारत के निर्माण में छात्र छात्राओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए उनसे महाविद्यालयों में अर्जित ज्ञान को राष्ट्र एवं समाज के लिए समर्पित करने का आह्वान किया है राज्यपाल कल क्शीनगर में बुद्द स्नातकोत्तर महाविद्यालय के दीक्षांत समारोह को सम्बोधित कर रही थीं श्रीमती पटेल ने संविधान में दिए गए अधिकारों और कर्तव्यों को एक दूसरे का पूरक बताते हए कहा कि विद्यार्थियों में अपने अधिकारों के ज्ञान के साथ साथ कर्तव्य पालन का भी भाव होना चाहिए समारोह को कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के पूर्व कुलपति प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र ने भी सम्बोधित किया

इससे पहले एक ट़वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि इस साल का पहला कार्यक्रम विशेष दिन छब्बीस जनवरी को होगा लोग अपने विचार एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर साझा कर सकते हैं ये नमो ऐप ओपन फोरम और माई जी ओ वी डॉट इन पर भी अपने संदेश रिकार्ड करवा सकते हैं जम्मू कश्मीर में कल दस केन्द्रीय मंत्रियों ने केन्द्र सरकार के विशेष जनसंपर्क अभियान के तहत विभिन्न इलाकों का दौरा किया इनमें प्रूषोतम रूपाला रेणुका सिंह सुरेश अंगाड़ी सोम प्रकाश साध्वी निरंजन ज्योति फग्गनसिंह कुलस्ते रामेश्वर तेली जी किशन रेड्डी रविशंकर प्रसाद और श्रीपद नाईक शामिल हैं केन्द्रीय मंत्रियों ने प्रदेश में कई जल आपूर्ति योजनाओं सड़क पूल खेल के मैदान और कार्यालय भवनों का उदघाटन किया केन्द्रीय विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बारामूला में एक इंडोर खेल स्टेडियम का उद्घाटन किया और झेलम स्टेडियम के एक पवेलियन ब्लॉक का शिलान्यास किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की हरसंभव कोशिश होगी कि इस केन्द्रशासित प्रदेश के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने के समुचित अवसर मिलें केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने परियोजनाओं को निर्धारित समय पर पूरा करने और प्रबंधन तथा निर्माण में उच्च स्तर की गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर जोर दिया है उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करने के लिए प्रतिबद्द है श्री गडकरी कल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की परियोजनाओं की समीक्षा कर रहे थे दो दिन की इस बैठक में तीन लाख करोड़ से अधिक रुपये की लगभग पांच सौ परियोजनाओं की समीक्षा की जा रही है इस अवसर पर श्री गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बनाए गए ऑन लाइन वेब पोर्टल जी ए टी आई का शुभारंभ किया गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां जोरशोर से चल रही हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मुख्य समारोह राजपथ पर होगा जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद परेड की सलामी लेंगे इस वर्ष ब्राजील के राष्ट्रपति जायर मेसियस बोसोनारो इकहत्तरवे गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे आजादी के बाद के सभी शहीद सैनिकों की स्मृति में पारंपरिक सलामी समारोह पहली बार राष्ट्रीय राजधानी स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में कल राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड का फूल ड्रेस रिहर्सल किया गया

प्रदेश में भी गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेजी से चल रही है स्कूलों कॉलेजों में विद्यार्थी इस दिन आयोजित किये जाने वाले विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारियां में जुटे हैं मौनी अमावस्या पर आज प्रदेश की विमिन्न नदियों में श्रद्वालु ब्रह्ममुहूर्त से ही पवित्र स्नान के लिए उमड़ रहे हैं प्रयागराज में चल रहे माघ मेले का आज दूसरा प्रमुख स्नान है मेला प्रशासन ने मौनी अमावस्या पर आज यहां गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम पर लाखों श्रद्वालुओं के स्नान करने की सम्मावना जताई है वाराणसी में भी श्रद्वालु पवित्र गंगा नदी में स्नान कर के वहां के मंदिरों में दर्शन पूजन कर रहे हैं मिर्जापुर में गंगा नदी के विमिन्न घाटों पर स्नान करने के बाद श्रद्वालुओं द्वारा मॉ विन्ध्यवासिनी देवी का दर्शन पूजन किया जा रहा है जौनपुर के गोमती नदी के प्रमुख घाटों पर स्नान करने के बाद लोग दान पृण्य कर रहे हैं चित्रकूट में श्रद्वाल मंदाकिनी और यमुना नदी में स्नान कर के विमिन्न मंदिरों में दर्शन पूजन कर रहे हैं भरत कूप पर भी श्रद्वालुओं की भारी भीड़ लगी हुई है अयोध्या में पवित्र सरयू नदी में स्नान दान का सिलसिला ब्रह्ममुहूर्त से ही जारी है प्रदेश के विमिन्न नदियों सरोवरों और तालाबों में श्रद्वालु स्नान दान कर के पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं हमीरपूर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गोपीनाथ अग्रवाल का लम्बी बीमारी के बाद कल निधन हो गया वे छियासी वर्ष के थे आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव चिल्ली में किया जायेगा